प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित उन्चास बच्चों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों के अदमुत कार्य को देखकर वे हैरान हैं उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने कठिन परिस्थितियों में लड़ने का साहस दिखाया है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के कार्यो की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि बच्चे समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक हैं उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चों से प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को सराहनाओं और उपलब्धियों से संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए बल्क देश के प्रति आगे भी योगदान करने के बारे में सोचना चाहिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करना और उनके लिए विशिष्ट कार्य करने वाले संस्थानों के प्रयासों को महत्व देना है बाल शक्ति पुरस्कार नवाचार सामाजिक सेवा शिक्षा खेल बहादुरी तथा कला और संस्कृति के क्षेत्रों में दिया जाता है पुरस्कार के तहत पदक प्रमाणपत्र प्रशस्ति पत्र और एक लाख रूपये की पुरस्कार राशि दी जाती है प्रदेश आज अपना सत्तरवां स्थापना दिवस मना रहा है इस अक्सर पर लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे कार्यक्रम में अपने संबोघन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की समृद्ध और गौरवशाली परंपरा का उल्लेख किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अट्ठारह अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया इन आवासीय विद्यालयों में निराश्रित बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी कार्यक्रम में देश विदेश में उत्तर प्रदेश को पहचान दिलाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया इस अवसर पर अक्व शिल्पग्राम में तीन दिवसीय मेले और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है जिसका समापन छब्बीस जनवरी को होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को श्मकामनाएं दी हैं वर्ष उन्नीस सौं पचास में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश अपने इस नाम के साथ अस्तित्व में आया था स्थापना दिवस मनाने का निर्णय राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार स्थापित होने के बाद लिया गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छब्बीस जनवरी को शाम छ बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे इससे पहले एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस साल का पहला कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी को होगा लोग अपने विचार एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर साझा कर सकते हैं ये नमो ऐप ओपन फोरम और माई जी ओ वी डॉट इन पर भी अपने संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है यह दिन केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दो हजार आठ से प्रति वर्ष मनाया जाता है इसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के समक्ष असमानता की चुनौती के बारे में लोगों को जागरूक करना है राष्ट्रीय बलिका दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मऊ जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं और बेटियों को उनके अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी इस अक्सर पर घोसी विधान सभा क्षेत्र के विधायक विजय राजभर भी उपस्थित रहे कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को शासन की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी

प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में पहुंचे लाखों श्रद्वाल्ओं ने ब्रहम मुहर्त से ही गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की ड्वकी लगानी शुरू कर दी थी प्रदेश के अलावा विभिन्न राज्यों से भी लाखों की संख्या में श्रद्वालु आज संगम तट पर जुटे हैं करीब दो हजार पांच सौ हेक्टेयर क्षेत्र तक फैले माघ मेले में श्रद्वालुओं के स्नान के लिए अट्ठारह घाट बनाए गए सभी घाटों पर पुलिस और एनडीआरएफ के जवान तैनात किए रहे देवीपाटन मंडल में भी लाखों श्रद्वालुओं ने मौन रह कर पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान किया गोण्डा में पसका क्षेत्र में त्रिमुहानी घाट पर स्नान के लिए दूरदराज से श्रद्वालु दिन भर पहुंचते रहे बलरामपुर जिले में रापी नदी के कोडरी घाट और देश की इक्यावन शक्तिपीठों में एक देवीपाटन मंदिर परिसर में स्थित सूर्यकूंड में भी श्रद्वाल्ओं ने स्नान कर माँ पाटेश्वरी का दर्शन पूजन किया वाराणसी और अयोध्या में भी आज सवेरे से ही श्रद्वालु गंगा और सरयू के तट पर पवित्र स्नान कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मौनी अमावस्या पर शुभकामनाएं दी हैं